प्रदेश के कई हिस्सों में बीते दो दिनों से प्री मानसून बारिश का दौर आज भी जारी है

बीकानेर के ग्रामीण ईलाकों में कल रात तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया सवाईमाधोपुर में कल सुबह से जारी हुआ बरसात का दौर कल देर रात तक जारी रहा

प्रतापगढ में तेज बरसात के चलते जिले के अधिकांश नाले ऑवर फ्लो चल रहे है अधिकांश स्थानों पर जल भराव के चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड रहा है बाडमेर में भी कल दिन भर बारिश का दौर चलता रहा ड्रंगरपुर में भी कल रात तक बारिश का दौर जारी रहा जिले में टापू बना बेणेश्वर धाम कल सुबह पुलों पर पानी उतरने के कारण खाली हो गया थे लेकिन दोपहर बाद वर्षा होने से फिर से टाप्र नजर आने लगा वहीं सिरोही झालावाड करौली से भी मध्यम से तेज वर्षा के समाचार मिले है

डूंगरपुर बांसवाडा सीमा पर स्थित भाउ का गडा गांव में एक बालिका पर आसमान से बिजली गिरने से मृत्य हो गई झालावाड में भी बिजली गिरने से दंपत्ति घायल हो गये जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया

उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल बना है राज्य में विकसित लैण्ड बैंक आधारभूत सुविधाएं क्शल श्रमिक की उपलब्यता हस्तशिल्प खनिज की विपुल उपलब्यता तथा बेहतर कानून व्यवस्था के चलते राजस्थान निवेश के लिये अधिक अनुकूल प्रदेश बना है

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान के तहत कल कोटा में कनवास तहसील की हिंगोनिया ग्राम पचायत में आयोजित शिविर में पांच गाडिया लुहार परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष जसबीर सिंह ने कहा है कि भारत की गंगा जमुना तहजीब दुनिया के लिये एक मिसाल है श्री जसबीर कल जयपुर में ईद मिलन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता अखण्डता और सामाजिक समरसता विषय पर आधारित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे

इस अवसर पर राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान ने भी समारोह को संबोधित किया

कल जयपुर मेट्रो निदेशक मण्डल की बैठक आयोजित की गई

भीलवाडा अजमेर राजमार्ग पर बालापुरा के पास कार पलटने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दो लोग घायल हो गये घायलों को भीलवाडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया बूंदी में हरियाली रिसोर्ट के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाईकिल सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई पाली के चंडावल कस्बे में नवगृह प्रवेश के अवसर पर रैलिंग में करंट दौडने से मकान मालिक करंट की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई